आज भी सदन में संविधान और मूल कर्तव्यों पर बहस जारी रहेगी आज प्रश्नकाल शुन्यकाल और विधायी कार्य नहीं होगें सिर्फ संविधान पर ही विशेष चर्चा की जाएगी

चर्चा में भाग लेते हुए उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट ने कहा कि हमें संविधान को केंद्र बिंदु बनाकर भविष्य की ओर देखना होगा चर्चा में भाग लेते हए भाजपा अध्यक्ष सतीश पूनिया ने कहा कि प्रदेश को नागरिकों को उनके कर्तव्यों के बारे में जागरूक करने की आवश्यकता है

उन्होंने कल मुंबई में शिवाजी पार्क में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई इस अवसर पर शिवसेना नेता एकनाथ शिंदे और सुभाष देसाई एन सी पी के जयंत पाटील और छगन भुजबल तथा कांग्रेस के बालासाहेब थोराट और नितिन राउत को भी मंत्री पद की शपथ दिलायी गई प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने उद्धव ठाकरे को शपथ लेने पर बधाई दी

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी उद्धव ठाकरे को बधाई दी है श्री गहलोत ने आशा व्यक्त की है कि श्री ठाकरे के नेतृत्व में महाराष्ट्र की संयुक्त सरकार राज्य के चहुंमुखी विकास के लिए कार्य करेगी

इसी कड़ी में कल आयुक्त पीएस मेहरा ने गृह और पुलिस विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की और आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए बैठक में जनवर्री फरवरी में होने वाले पंचायत आम चुनाव के दौरान पूलिस बल की उपलब्धता उनके नियोजन की कार्ययोजना और कानून व्यवस्था से जुड़े अन्य विषयों पर विस्तार से चर्चा की गई